दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी

मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस के पास भीषण सड़क हादसे में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है मरने वालों की संख्या की अभी तक आधिकारिक प्रष्टि नहीं हुई है सूत्रों ने बताया कि मुजफ्फरपुर से नई दिल्ली जा रही एक बस बंगरा के पास एक वैन और मोटरसाईकिल को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर एक गड्ढे में पलट गयी इसके बाद बस में भीषण आग लग गयी आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चन्द्र यादव ने आकाशवाणी से बातचीत में कहा कि बस के जल जाने के कारण अभी तक मृतकों की संख्या का पता नहीं चल सका है उन्होंने बताया कि मलवा हटाने का काम जारी है जिसके बाद ही मृतकों की सही संख्या का पता चल सकेगा श्री यादव ने कहा कि जिलाधिकारी और प्रलिस अधीक्षक घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं इधर पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी रमण कुमार ने बताया कि आठ लोगों को बाहर निकाला गया है जिनमें से कई का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है गंभीर रूप से घायल यात्रियों को एसकेएमसीएच और पीएमसीएच रेफर किया गया है दुर्घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दुर्घटना पर गहरा दुख जताते हुए अधिकारियों को घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिये हैं वहीं मृतकों के निकटतम परिजनों को चार चार लाख रुपये सहायता राशि देने की घोषणा की गयी है वहीं बांका जिले के बाराहाट थाना क्षेत्र में भागलपुर दुमका मार्ग पर देर रात भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत हो गयी और चार अन्य घायल हो गये सभी मृतक बाराहाट बाजार के रहने वाले थे सारण जिले के रसूल पुराने थाना क्षेत्र के चौनवा गांव के पास छपरा सीवान मुख्य पथ पर सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी इधर बेगूसराय जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गयी वैशाली जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाईकिल सवार दो युवकों की मौत हो गयी वहीं जमुई जिले के बरहट थाना के विजय सागर मुसहरी के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाईकिल के पेड़ से टकरा जाने के कारण एक युवक की मौके पर ही मौत हो गयी जबकि एक अन्य घायल हो गया जहानाबाद में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और सामूहिक द्रष्कर्म के प्रयास के मामले में पुलिस ने अब तक ग्यारह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है मगध प्रक्षेत्र के पूलिस उप महानिरीक्षक विनय कुमार ने बताया कि दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक ने कहा है कि राज्य में चल रहे बीएड़ कॉलेजों के गोरखधंधे को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा श्री मलिक ने कहा कि राज्य में बीएड् कॉलेजों का एक बड़ा कारोबार है और शायद ही कोई ऐसा नेता होगा जिसका बीएड़ कॉलेज नहीं है पटना के ए एनकॉलेज में आयोजित युवा महोत्सव को संबोधित करते हुए श्री मलिक ने कहा कि इन कॉलेजों में गैर कानूनी तरीके से दाखिला होता है और यही कारण है कि ये संस्थान एकीकृत प्रवेश परीक्षा का विरोध कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ऐसे संस्थानों के गोरखधंधे पर लगाम लगाने के लिए ही उन्होंने अगले वर्ष से बीएड में नामांकन एकीकृत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से करवाने का फैसला किया है केन्द्र ने अनुसूचित जाति और जनजाति कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने की मांग की है और इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया है केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह मांग उठाई गई रांची स्थित राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद को पूरी तरह स्वस्थ बताया है संस्थान द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन में कहा गया है कि लालू प्रसाद का रक्तचाप ब्लड शुगर और किडनी का रोग पूरी तरह नियंत्रण में है जोकीहाट विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है इस सीट पर इस महीने की अठाईस तारीख को मतदान होगा उम्मीदवार दस मई तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं नामांकन पत्रों की जांच ग्यरह मई को होगी वहीं उम्मीदवार चौदह मई तक नाम वापस ले सकते हैं इकतीस मई को मतगणना की जायेगी राजद के सरफराज आलम के इस्तीफा देने के बाद यह उपचुनाव कराया जा रहा है मौसम विभाग ने भागलपुर बांका मुंगेर और गोपालगंज समेत आसपास के जिलों में अगले चौबीस घंटों के दौरान घूल भरी आंधी और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और पूर्वी इलाकों से पश्चिम बंगाल तक बने चक्रवात के कारण इन इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है पिछले तीन दिनों से चल रही पूर्वा हवा के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी का आना भी जारी है जिसके चलते पूर्वी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश हो सकती है इधर गोपालगंज और भागलपुर जिले में आज बिजली गिरने की घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गयी

यूआईडीआई ने लोगों को सिर्फ अधिकृत आधार एनरोलमेंट केन्द्रों पर जाने को कहा है केन्द्रीय पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री एस एस अहलूवालिया ने आज बेगूसराय जिले के उन गांवों का दौरा किया जिसका चयन केन्द्र सरकार ने ग्राम स्वराज अभियान के तहत किया है उन्होंने इन गांवों में ग्राम स्वराज अभियान के तहत चलाये जा रहे कार्यक्रमों का निरीक्षण किया इससे पूर्व श्री अहलूवालिया ने अधिकारियों के साथ बेगूसराय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की इधर केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ग्राम स्वराज अभियान के तहत अपने संसदीय क्षेत्र बक्सर के दौरे पर हैं श्री चौबे ने राजपूर प्रखंड के रघुनाथपुर और रौनी गांव में चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी

पिछले दिनों मधुबनी रेलवे स्टेशन को स्थानीय कलाकारों द्वारा विश्व प्रसिद्ध मिथिला चित्रकला से सजाया गया था जो लोगों के आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है जदयू युवा प्रकोष्ठ के पूर्व अध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है श्री कुशवाहा ने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र पूरी तरह समाप्त हो चुका है और कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है शेखप्ररा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पूलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ चार तस्करों को गिरफ्तार किया है भागलपूर जिले के नवगछिया थाना क्षेत्र में हथियारबंद अपराधियों ने एक आईस क्रीम फैक्ट्री मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी

पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया प्रखंड के बेलवा लखनपुर और कटैया पंचायत को खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया है वैशाली जिले के तेईस गांवों में ग्राम स्वराज अभियान के तहत शौचालय निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है

दूर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी